राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है

अब तक राज्य में दस हजार दो सौ बीस संक्रमित मिल चुके हैं हालांकि उपचार के बाद स्वस्थ होनेवाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है चार हजार से ज्यादा संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं लगभग छह हजार मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न कोविड केयर सेंटरों में चल रहा है राज्य में कोरोना संक्रमण के बढते दायरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गप्ता ने आज जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बढते संक्रमण के मददेनजर राज्य में फिर से लॉकडाउन करने पर विचार किया जा सकता है उन्होंने कहा कि वे इस मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वार्ता करेंगे

कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्धि और मृत्युदर में गिरावट इस सफलता के क्छ उदाहरण हैं

वित्त मंत्रालय से कल इस आशय की अधिसूचना जारी की गई अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी

कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज से रांची स्थित सीएमपीडीआई में सीसीएल और बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की इस दौरान कोयला उत्पादन बढ़ाने को लेकर रणनीति तैयार की गई बैठक में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य की तैयारियों पर गहन चर्चा हुई बाद में कोयला मत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कॉमर्शियल कोल माईनिंग पर चर्चा की इस दौरान जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे बैठक के बाद श्री जोशी ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार के साथ समी मसलों पर सकारात्मक बातचीत हुई है

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि सरकार ने अगले दो वर्षो में पूरे देश को ऑप्टिक फाइबर के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कारोबार सुगम बनाने के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही सही लेकिन एकल खिड़की का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा

जम्मू कश्मीर में खादी ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण अंगों में एक है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अपने सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित हैं उन्होंने कहा कि भारत किसी आर्थिक फायदे या मुनाफे को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं रखता श्री मोदी ने आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जुगनॉथ के साथ पोर्ट लुइस में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मॉरीशस के उच्चतम न्यायालय के नये भवन के संयुक्त रूप से उदघाटन के अवसर पर बोल रहे थे इस मौके पर दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे

राज्य में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है मौसम विज्ञान केन्द्र ने राज्य के अधिकांश इलाकों में चार अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है आज और कल राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश और वजपात की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से बारह प्रतिशत कम वर्षा हुई है बोकारो जिले में आज छह कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई

साहेबगंज जिले में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है लोगों को माईक के माध्यम से सरकार की गाईडलाईन का अनुपालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कोडरमा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल से तीन दिनों तक विशेष जांच अभियान चलाया जायेगा इस दौरान जिले में तकरीबन डेढ़ हजार लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है

लोहरदगा जिले में कोरोना वायरस के आठ नये मामलों की पुष्टि हई है

खूंटी जिले में चैंबर ऑफ कॉमर्स व्यवसायी संघ और नगर के व्यवसायियों ने एक बैठक की इस दौरान कोरोना संकमण के मद्देनजर राज्य में पूर्ण तालाबंदी पर जोर दिया गया पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र की मलयी नदी से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है यह युवक पिछले दो दिनों से लापता था लोहरदगा जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत भण्डरा प्रखण्ड के बलसोता गांव में आम की बागवानी की जा रही है

समाप्त